हमारी विशेष श्रंखला अच्छी खबर में स्निए ग्वालियर में आम लोगों को ज्माने के साथ मास्क देने की अनूठी म्हिम पर केन्द्रित खास रिपोर्ट सेना प्रदर्शन भारतीय सेना नौसेना और वाय्सेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशभर में अनेक गतिविधियां आयोजित की भारतीय वाय् सेना के हेलिकॉप्टरों ने देशभर में कई अस्पतालों पर ग्लाब की पंख्डियों की प्ष्प वर्षा करके स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया

ग्वालियर के फ्लबाग चौराहे पर भी वाय्सेना के हैलिकॉप्टर ने कोरोना फाइटर्स पर फूल बरसाये

श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है

अन्य तीन अलग अलग कारणों से दुनिया में नहीं रहे प्रशासन ने सभी मुतकों को कोरोना संदिग्ध मानकर उनके नमूने जांच के लिए भेजे हैं

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि इंदौर में पहले की तरह सख़्ती जारी रहेगी होशंगाबाद जिले के इटारसी में एक और कोरोना संक्रमित मिला है

पन्ना में एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए जाने के बाद से प्रशासन ने उस इलाके को सील कर दिया गया है

खण्डवा शहर में कंटेन्मेंट एरिया में लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है सीहोर जिले में आज से चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से म्क्त किए जाने के बाद पूरे बाजार की रोनक वापस लौटती दिखी सागर में मध्यप्रदेश बीड़ी उधोग महासंघ के अन्रोध पर कलेक्टर ने कण्टेन्मेंट क्षेत्र छोड़कर बीड़ी निर्माण उधोग क्छ हिदायतों के साथ श्रू करने के आदेश दे दिए है

राजग कलेक्टर ने विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को यहाँ लाने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सिंगरौली में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी श्योप्र में लॉकडाउन में द्रकान का शटर डालकर ग्राहकों को कपड़ा बेचने के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है रतलाम जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सैलाना विधायक हर्षविजय गेहलोत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है मुरैना जिले के जौरा स्थित नवोदय विद्यालय में लॉकडाउन के दौरान एक माह से फंसे उड़ीसा के तेईस बच्चों को आज उनके घरों के लिये रवाना किया

यहाँ एक अभियान में सेना के एक कर्नल और मेजर सहित पांच स्रक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं इस अभियान में दो आतंकवादी भी मारे गए

केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना श्रू नहीं की है